और धनबाद जिले में वैक्सीन की कमी के कारण आज केवल सरकारी अस्पतालों में लग रहा टीका

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 न्यायमूर्ति एन वी रमना सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की

न्यायमूर्ति रमन्ना आंध्रप्रदेश में किसान परिवार से हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अंत्योदय की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व निभाती रहेगी भाजपा के स्थापना दिवस पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की सोच थी कि निर्णय और योजना वैसी हो जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके हमारी सरकार उसी मूल भावना को चरितार्थ करने की दिशा में काम कर रही है

आज भारत दूसरे देशों को भी कोविड वैक्सीन निर्यात कर रहा है देश में कोविड रोगियों की बढती संख्या के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशो के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में प्रधानमंत्री टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे कोरोना महामारी फैलने के बाद से श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करके समय समय पर स्थिति का जायजा लिया है उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों से जानकारियां हासिल की हैं और उपयोगी सुझाव भी दिये हैं देश ने कोविड टीकाकरण में महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है

इस बीच देश में कोविड के नये मामलों में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ गई है

कल एक हजार छिसासी नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से राज्य में सक्रिया मामलों की संख्या बढ़कर पांच हजार आठ सौ बेरासी हो गई है कल चार सौ अड़तीस मरीज संक्रमण मुक्त हुए जबकि दस मरीज की मौत हुई है मृतकों में रांची से तीन बोकारो से एक धनबाद से एक जमशेदपुर से दो लातेहार से एक साहेबगज से एक और सिमडेगा से एक मरीज शामिल है

जबकि एक लाख इक्सीस हजार तीन सौ दस मरीज ठीक हुए हैं अब तक एक हजार एक सौ चालीस मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं कोरोना की रिकवरी रेट चौरानबे दशमलव पांच दो प्रतिशत है राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल नवासी हजार सात सौ सतासी लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया

वहीं चार हजार दो सौ पांच लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि टीका लगवाने से में छूट गए स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए पंजीकरण सुविधा सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध होगी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है

पूर्वी सिंहभुम जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जमशेदपुर में चार सौ नब्बे बेड तैयार कर लिए गए हैं

उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में बिना लक्षण वाले मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है बिना लक्षण वाले पॉजिटिव व्यक्ति के घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होने पर कोविड केयर सेंटर में रखने की व्यवस्था की जा रही है

सभी सीएचसी में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था भी प्रशासनिक स्तर पर की गई है उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना को ध्यान में रखते हए मास्क नहीं पहनने वालों की जांच तुरंत की जा रही है

और कोविड गाइडलाइन का पालन करें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हजारीबाग जिला में कंटेनमेंट जोन से बाहर मौजूद आंगनवाड़ी केंद्रों को खोल दिया गया है करीब एक वर्ष बाद आंगनवाड़ी केंद्र खुलने से बच्चों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है मास्क लगाने के साथ साथ हाथ लगातार हाथ धोने सामाजिक दूरी का पालन करने जैसी बातें भी बच्चों को सिखाई जा रही है

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा ने बताया कि कोविड को लेकर सरकार द्वारा दिये गए एसओपी का पालन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी

इसमें सदर अस्पताल के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले टीकाकरण केंद्र शामिल हैं जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉ विकास राणा ने बताया कि मुख्यालय से टीका की मांग की गई है कोरोना महामारी संक्रमण के फैलाव को रोकने और उचित प्रबंधन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद द्वारा इंसिडेंट कमांडर के रूप में प्रतिनियुक्त धनबाद के सीओ बीडीओ और प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है

बताया जाता है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के कई संक्रमित मरीज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं डेडिकेटेड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती नहीं कराए गए हैं उपायुक्त ने इसे इंसिडेंट कमांडर की लापरवाही मानी है उन्होंने कहा कि इंसिडेंट कमांडर एवं प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद का दायित्व था कि तत्काल संक्रमित मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट करते हुए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सुनिश्चित की जाए

रक्षा मंत्रालय ने सीधी भर्ती प्रवेश वेतन से संबंधित वेतन विसंगति दूर कर दी है

इन संपत्तियों में भूमि कारखाना परिसर संयंत्र मशीनरी और मुख्य आरोपी अनूप माझी की दो कंपनियों की अन्य परिसंपत्तियों शामिल हैं

यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे संक्षिप्त खबरें हजारीबाग में पुलिस को कई जिलों के कुख्यात अपराधी भोला मेहता उर्फ जगदीश महतो को उसके सहयोगी के साथ इचाक से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है उसकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद किया गया खूंटी जिले में पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र में बालू में दफन अज्ञात शव मिलने के मामले का खुलासा किया है